जावडेकर वाहन उत्सर्जन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत अप्रैल दो हजार बीस से वाहनों से उत्सर्जन संबंधी भारत चतुर्थ चरण यानी बीएस चार की जगह बीएस छह मानदण्डों को अपना लेगा नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस अवधि से दिल्ली में बीएस छह मानदंडों का पालन करने वाले वाहन उपलब्ध हो जाएंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं गांधी विचार पदयात्रा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर चार अक्टूबर को धमतरी जिले के ग्राम कण्डेल से शुरू हुई कांग्रेस की गांधी विचार पदयात्रा कल रायपुर जिले में प्रवेश करेगी आज चौथे दिन भखारा से शुरू हुई इस पदयात्रा में मंत्री टीएस सिंहदेव और डॉक्टर शिवकुमार डहरिया के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा अन्य विधायक भी शामिल हुए यह पदयात्रा सुपेला सेमरा और सिलतरा होते हुए सिरीडीह पहुंचेगी जहां जनसभा होगी गांधी विचार पदयात्रा दस अक्टूबर को राजधानी के गांधी मैदान में संपन्न होगी वहीं विकासखंड स्तर पर ग्यारह से सत्रह अक्टूबर तक गांधी विचार पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा इस पदयात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विकासखंड मुख्यालयों में नौ अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सांसद विधायक सहित जिला प्रभारी और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर केंद्रित रहा इसमें महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ के दो प्रवासों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक शशांक शर्मा से बातचीत की गई थी इसी बातचीत के दूसरे और अंतिम भाग का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे किसान सम्मान निधि भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसान सम्मान निधि योजना का सही तरीके से लागू नहीं कर रही है किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के विकास के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है इस योजना से प्रदेश में करीब चौंतीस लाख किसान लाभान्वित हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस की नीतियों के चलते करीब सत्रह लाख किसानों को ही इसका फायदा मिल रहा है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखकर किसान सम्मान निधि की पहली दूसरी और तीसरी किस्त जल्द स्वीकृत करने की मांग की थी अकबर हाउसिंग बोर्ड आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस बात के संकेत दिये हैं कि राज्य में हाउसिंग बोर्ड के मकान सस्ते होंगे उन्होंने कहा कि विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे आने वाले दिनों में कैबिनेट में पेश किया जायेगा कैबिनेट ही तय करेगी कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कीमत कितनी कम की जाए आदिवासी प्रदर्शन जेलों में वर्षो से बंद कथित रूप से निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए नौ अक्टूबर को दंतेवाड़ा के नकुलनार में आदिवासी एक बार फिर इकट्ठा होंगे प्रशासन ने आदिवासियों को इस दिन आंदोलन की अनुमति दे दी है

आज सिद्विदात्री रूप में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है राजधानी रायपुर में जगह जगह कन्या भोज का आयोजन किया गया कल जंवारा विसर्जन के साथ पूजा पंडालों में विराजी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा विजयादशमी का पर्व कल मनाया जाएगा इस मौके पर राजधानी में अनेक जगहों पर रावण कृंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा आधा दर्जन से अधिक जगहों पर बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा कई जगहों पर रावण दहन से पहले रामलीला का मंचन भी किया जाएगा इस बार डब्ल्यूआर एस कॉलोनी में दशहरा उत्सव का पचासवां साल है यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृति के बाद आतिशबाजी होगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अनेक सांसद विधायक और मंत्री शामिल होंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री रावणभाटा मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने महानवमी और विजयादशमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है बस्तर दशहरा इस बीच विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है आज जोगी उठाई की रस्म अदा की गई कल बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेवश्वरी के छत्र को रथ में स्थापित कर शहर की परिक्रमा कराई जाएगी इसके लिए करीब तीस फीट ऊंचा रथ तैयार किया गया है

मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और उनकी समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों को छोड़ा ग्रामीणों का आरोप था कि करोड़ों रूपये की लागत से बनी इस सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और पहली ही बारिश में सड़क काफी खराब हो गई विश्व कपास दिवस आज विश्व कपास दिवस है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ आज जिनेवा में प्रथम विश्व कपास दिवस समारोह का आयोजन करेगा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पांच दिवसीय इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी समारोह के दौरान कपास प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के स्मरण में रूई से बनी बापू की एक मूर्ति भी रखी जाएगी मौसम प्रदेश में आज भी अनेक स्थानों पर बारिश हुई राजधानी रायपुर में दोपहर को तेज बारिश होने के कारण उमस से लोगों को कुछ राहत मिली

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में नौ अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जन चौपाल आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर कल राजधानी रायपुर के स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में सुबह सात बजे शस्त्र पूजन किया जाएगा इसके बाद पथ संचालन होगा